राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए एक बार फिर से बनेंगे कंटेनमेंट और माइक्रो कंटेनमेंट जोन

सार्वजनिक स्थल में तंबाकू सेवन पर अब पांच गुना ज्यादा जुर्माना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

मास्क पहनें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

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने दोनों विशेषज्ञ समूह की सिफारिशें मान ली हैं झारखंड में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं

अब तक राज्य में एक हजार सनतानबे मरीज की मौत कोरोना से हुई हैं वहीं प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट अनठानबे दशमलव चार चार प्रतिशत हैं

इस संबंध में उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार विशेष टीकाकरण अभियान के दौरान नियमित केन्द्रों के अलावा पंचायत स्तर पर टीकाकरण केन्द्रों की स्थापना कर लाभुकों को टीका लगाने का कार्य किया जा रहा है कल सत्तर टीकाकरण केंद्रों पर छह हजार सात सौ उन्नीस लोगों को वैक्सीन लगाई इधर धनबाद में कोरोना संक्रमण की रफ्तार भी हर दिन बढ़ती जा रही है

लगातार मरीज मिलने से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को अधिक से अधिक जांच करने की सलाह दी जा रही है धनबाद में उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने जिले में कोरोना टीकाकरण की धीमी रफ्तार पर बड़ी कार्रवाई की है उन्होंने इसके लिए गोविंदपुर के प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक प्रदीप सेन को बरखास्त करने का निर्देश दिया है वहीं बलियापुर के बीडीओ रतन कुमार सिंह बलियापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉ राहुल कुमार और प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक प्रमोद कुमार को शो कॉज किया है इसके साथ ही अगले आदेश तक इनका वेतन रोकने का आदेश दिया है वहीं जिला टीकाकरण पदाधिकारी डॉ विकास राणा को कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में शो कॉज किया है

टीकाकरण अभियान को सफल बनाने को लेकर प्रचार प्रसार के साथ साथ पंचायत स्तर पर लगातार पर्यवेक्षण किया जा रहा है

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कल दूसरी पाली की कार्यवाही में तीन विधेयक पारित किए गए

कृतज्ञ राष्ट्र आज भगत सिंह राजगुरू और सुखदेव को उनके शहादत दिवस पर भावभीनी श्रद्वांजलि अर्पित कर रहा है

उनकी याद में इस अवसर पर देशभर में आज कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं धनबाद में आज बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का चौथा स्थापना दिवस मनाया जाएगा मुख्य समारोह का आयोजन एसएसएलएनटी महिला कॉलेज के सभागार में आयोजित होगा समारोह में क्लपति समेत विवि के सभी पदाधिकारी और कॉलेज के शिक्षक मौजूद रहेंगे कोविड प्रोटोकॉल के कारण छात्राओं को सभागार में आने की अनुमति नहीं मिलेगी उनके लिए कॉलेज के दूसरे कमरे में ऑनलाइन समारोह देखने की व्यवस्था की गई है पीके राय कॉलेज समेत दूसरे कॉलेजों में भी स्थापना दिवस समारोह का लाइव टेलिकास्ट होगा स्थापना दिवस समारोह की मुख्य वक्ता लंदन ने आई डॉ सुमानी होंगी

इस क्रम में कल देर रात तक जिला प्रशासन द्वारा रजरप्पा स्थित दामोदर एवं भैरवी नदी के संगम पर मंदिर परिक्षेत्र में रंगोली दीपोत्सव गंगा आरती जल शपथ सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में जिले के उपायुक्त संदीप सिंह ने हिस्सा लिया कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने स्वयं सहायता समूह की दीदियों एवं आंगनबाड़ी सेविकाओं को जल संरक्षण संबंधित विषयों पर रंगोली बनाने के लिए प्रशस्ति पत्र देकर उनका उत्साह वर्धन करते हुए सम्मानित किया

जिला प्रशासन सेवा वेलफेयर सोसाइटी और ग्रामसभा के संयुक्त प्रयास और श्रमदान से जिले के अलग अलग प्रखंडों के छोटे छोटे नदी नालों में पूरी तैयारी के साथ माइक्रो बांध बनाये गए सरायकेला खरसावां जिले में होली को लेकर मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने की प्रशासनिक तैयारी शुरू कर दी गई है उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में विशेष बैठक हई जिसमें होली को लेकर जिले के विभिन्न बाजारों में मिठाई और खाद्य पदार्थो की दुकानों में छापामारी करने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है एसडीओ रामकृष्ण कुमार के नेतृत्व में फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉक्टर मोइन अख्तर और उनकी टीम द्वारा छापामारी अभियान चलाया जाएगा सरायकेला खरसावां जिले में विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा गम्हरिया प्रखंड के छोटा कांकड़ा गांव में विधिक जागरुकता कार्यक्रम में ग्रामीणों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मानधन योजना दिव्यांग पेंशन योजना परिवारिक लाभ योजना एवं अन्य योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जागरूक किया गया मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि पिछले दिनों राज्य सरकार ने झारखंड के खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति दी है झारखंड में खेल और खिलाड़ियों को आगे ले जाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है राज्य सरकार खेल के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कई ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने अपने प्रदर्शन से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य और देश का नाम रोशन किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी खेलों को प्रोत्साहित कर राज्य के खिलाड़ियों को एक प्लेटफार्म देने का काम कर रही है पिछले दिनों राज्य में सब जूनियर हॉकी चौंपियनशिप का भी आयोजन हुआ था आज यहां सब जूनियर बुश् चौंपियनशिप का आयोजन हो रहा है यह देख कर खुशी हो रही है कि देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे प्रतिभागी झारखंड पहुंच कर अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं दैनिक अखबार प्रभात खबर ने लिखा है अब सार्वजनिक स्थल में तंबाक सेवन पर एक हजार रुपये का जुर्माना हुक्का बार पर पूर्ण प्रतिबंध हजारीबाग में भगवान बुद्ध की दो दुलर्भ मूर्तियां चोरी मामले में एसआईटी गठित तीन दर्जन लोगों से पूछताछ दैनिक भास्कर ने इससे जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है

ग्रामीण महिलाओं को जल परीक्षण का मिला प्रशिक्षण इस शीर्षक के साथ रांची एक्सप्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए जल शक्ति अभियान की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है अंग्रेजी में प्रकाशित द टाईम्स ऑफ इंडिया ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह के सुप्रीम कोर्ट में जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है वहीं हिन्दुस्तान टाईम्स ने अपने पहले पन्ने पर लिखा है कंगना ने जीता चौथा राष्ट्रीय पुरस्कार